कार्यक्रम में दो हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक शामिल होंगे श्री मोदी छात्रों के प्रश्नों के उत्तर देंगे और परीक्षा के दौरान तनाव से निपटने के बारे में उनसे बातचीत करेंगे विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक इस कार्यक्रम की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं पिछले वर्ष जनवरी में परीक्षा पे चर्चा के दूसरे संस्करण के दौरान प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से समय नष्ट न करने तथा इसका सद्रपयोग करने को कहा था क्योंकि समय अनमोल है

उन्होंने एक द्वीट के जरिए कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने को कहा है

चूरू जिले में फतेहपुर सालासर हाईवे पर म्यामा गांव के पास ट्रोला और कार की टक्कर में सात लोगों की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया मृतक सीकर जिले के फतेहपुर और रोलसाहबसर गांव के निवासी थे गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को जयपुर रैफर किया गया है

अलवर के बानसूर में एक सवारी गाड़ी असंतुलित होकर ट्रेक्टर ट्रॉली से टकरा गई

घायलों में से दस लोगों को कोटपूतली के लिए रैफर किया गया

इसी के साथ आज तीसरे चरण के लिए सुबह साढे दस बजे से शाम साढे चार बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे उम्मीदवार कल दोपहर तीन बजे तक नाम वापिस ले सकेंगे

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज नामांकन भरे जायेंगे

भारत ने साढे तीन हजार किलोमीटर तक मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाईल का सफल परीक्षण किया है

तोन दिन तक चलने वाले इस प्रदर्शनी में सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम जल संरक्षण फिट इण्डिया प्रधानमंत्री के मन की बात और ग्रामीण विकास सहित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं जैसी योजनाओं को दर्शाया जा रहा है इस समारोह में कल जल संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय काम करने के लिए शहर के स्कूली बच्चों को बैज देकर सम्मानित किया गया इस मौके पर जिला प्रमुख अंजना मेघवाल ने कहा कि देश के हर क्षेत्र में विकास की धारा पहुंचाने के लिए जरूरी है कि सरकारी योजनाओं के बारे में जन सामान्य को जागरूक किया जाये